झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के गैर अनुसूचित ग्यारह जिलों में प्राथमिक शिक्षक के खाली आरक्षित पदों को जल्द भरने का दिया आदे ा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

देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होकर राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे कार्यो की जानकारी प्रधानमंत्री को देंगें और केन्द्र सरकार की ओर से सहायता को लेकर भी अपनी मांगें प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगें जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर भी चर्चा होगी मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजना को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी इससे पहले भी पीएम इस मुद्दे को लेकर बैठक कर चुके हैं

इस समय देश में संक्रमितों की संख्या पांच प्रतिशत से भी कम रह गई है

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा केन्द्र सरकार के मानक उपचार नियमों के पालन डॉक्टरों पैरा मेडिकल स्टॉफ और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्दता के कारण स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है मृत्युदर में भी कमी आई है मृत्यु दर एक दशमलव चार छह प्रतिशत रह गई है

केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संगठित रूप से जांच क्षमता बढाई है

वहीं दो हजार दो सौ दो सक्रिय केस हैं

कार्भिक और जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार विभाग को कई पेंशनधारियों के एसोसिएशन की ओर से कई पत्र मिले थे साथ ही व्यक्तिगंत रूप से लोगों ने जारी कोविड महामारी और कोरोना वायरस की ब्रज़्र्ग आबादी के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि और बढ़ाने का आग्रह किया था

झारखंड विधानसभा के न्यायाधीकरण में कल दसवीं अनुसूची के तहत तीन विधायकों बाबूलाल मरांडी प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले पर सुनवाई हुई न्यायाधीकरण के समक्ष विधायक बंधू तिर्की अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए जबकि बाबूलाल मरांडी ने अपने अधिवक्ता आरएन सहाय के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की श्री मरांडी के अधिवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका का हवाला देकर न्यायाधीकरण से छह हफ्ते का समय मांगा जिसे विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने अस्वीकार कर दिया उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए सत्रह दिसम्बर की तिथि तय की है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आर्थिक सुधारों की गति भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बनायेगी एक सम्मेलन में वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस समय में भी व्यापक सुधार करने का कोई अवसर नहीं गंवाया उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ऐसे सुधार भी किए हैं जिनकी दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी

गिरिडीह जिले में परिवार नियोजन में पुरुषों की साझेदारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है

वे पद खाली रह गए थे

जेएसएससी की ओर से कार्रवाई की जा रही है

यह हड़ताल कोयला बिजली इस्पात जैसे औद्योगिक संस्थानों सहित बैंक बीमा जैसे प्रतिष्ठानों में भी रहेगी भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है

साहिबगंज जिले के राजमहल के गुदारा घाट से स्टोन चिप्स लादकर गई पानी जहाज कल शाम पश्चिम बंगाल के मानिकचक घाट में पलट गयी पानी जहाज के पलटने से जहाज पर लदे आठ ट्रक गंगा नदी में समा गए

आज सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है

बंगाल की खाड़ी के निचले हिस्से में बन रहे निम्न दबाव के कारण रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के निचले हिस्से में निम्न दबाव बना हुआ है इसके कारण यह बदलाव आया है और यह अगले तीन दिनों तक जारी रहेगा मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को बादल छाए रह सकते हैं

ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल को और चौड़ा होना चाहिए

रांची में बिना मास्क दिखे तो होगी कोरोना जांच शीर्षक के साथ दैनिक हिन्दुस्तान ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है

असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरूण गोगोई नहीं रहे इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है